हरियाणा विधानसभा च्नाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज चंडीगढ़ में च्नावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें कई लोक लुभावने वादे किये गये है हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश में अधिक काम किये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज हरियाणा में भाजपा की कई चुनावी रैलियों का सम्बोधित किया वितमंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा है कि एयर इंडिया एमटीएनएल और बीएसएनएल के निजीकरण की बात चल रही है लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है प्रणे में संवाददाताओं से बातचीत करते हये उन्होंने बताया कि छोटे और सूक्षम उद्योगों के सूधार और रोज़गार के अवसर ज्टाने के लिए इस वर्ष के बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये है रफाल विमान प्राप्त करते हुये शस्त्र पूजा को उचित ठहराते हुये उन्होंने कहा कि यह हमारी परम्परा है जिसका पालन करना किसी भी तरह से गतल नहीं है

वित्तमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार प्रगतिशील सरकार है और हम केन्द्र व राज्य क सहयोग से विकास की गति को बढ़ा रहे है हरियाणा पार्टी मामलों के प्रभारी ग्रलाम नबी आज़ाद ने आज चंडीगढ़ में कांग्रेस का चूनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमे पार्टी ने कई वादे किये है

संकल्प पत्र में कांग्रेस रोडवेज़ बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की स्विधा देने का वादा किया है

घोषणा पत्र में दो एकड़ तक की भू वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने और फसल बीमा के लिए सरकार द्वारा वार्षिक किश्तों का भुगतान करने का वायदा किया गया है

घोषणा पत्रमें हर परिवार के लिए एक नौकरी बेरोजगार स्नातकोतर के लिए दस हजार रूपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भता और बेरोजगार स्नातकोतर के लिए सात हजार रूपये देने का वादा किया है कांग्रेस ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति आयोग का पुर्नगठन किया जायेगा

मीडिया से बात करते हये हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष क्मारी शैलजा यह नहीं बता पाई कि सभी वादों की पूरा करने के लिए आवश्यक बजट कहां से आयेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषण पत्र जारी करते हये कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी गुलामनबी आज़ाद ने भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और राज्य सरकारों पर निशान साधते हये कहा कि कांग्रेस सरकार अधिक काम करती है लेकिन प्रचार में कमी होती है वहीं अन्य सरकारें कम काम करती है लेकिन प्रचार आगे बढ़ती है और उनकी उपलब्धियां केवल मीडिया में ही दिखाई देती है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में किये गये वादों से ज्यादा काम किया है उन्होंने कहा कि पार्टी घोषणा पत्र में किए गये वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्व है इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने में नाकाम रही है

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा और घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष किरण चौधरी ने भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही और हर मोर्च पर नाकाम है चाहें वह रोज़गार हो या ऋण प्रबंधन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ग्रलाम नबी आज़ाद ने संदीप दीक्षित द्वारा कांग्रेस नेता पी सी चाको पर लगाये गये आरोपो को फिजूल इल्जाम बताया है

एक अन्य प्रश्न के उतर में उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किये गये वादों को पांच साल में लागू करना होगा है और यह काम पहल के आधार पर किया जाता है

उन्होंने इसको लेकर कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिये

पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने घोषणा पत्र को ढकोसला करार दिया है रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में जितने भी मुफ्त सुविधाओं के वादे किए गए हैं वे धरातल पर कहीं नहीं ठहरते

इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने एक वृत चित्र हीरोज ऑफ हरियाणा का लोकार्पण भी किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज कालका में भाजपा प्रत्याशी लतिका शर्मा और पंचकूला से प्रत्याशी ज्ञान चंद गुप्ता के समर्थन में एक जन रेली को सम्बोधित किया योगी आदित्य नाथ ने कहा कि जहां केन्द्र सरकार की योजनाओं ने देश का कायाकल्प किया है वहीं हरियाणा सरकार सरकार द्वारा किये गये कार्यो से हरियाणा की देश में अलग पहचान बनी है श्री आदित्य नाथ ने कहा कि हरियाणा सरकार की किसान हितैषी और य्वाओं के लिए चलाई गई योजनाओं ने नौजवान वर्ग को पारदर्शी ढंग से रोजगार प्रदान किये है उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट के अपील करते हये ये भी कहा कि भारतीय जनत पार्टी सकारात्मक सोच के साथ चुनाव लड़ रही है वहीं कांग्रेस के गिरते वोट बैंक के कारण उनमें नकारात्मकता बढ़ी है उन्होंने अपने सम्बोध्न के दौरान रॉबर्ड वाड्रा पर भी हमले किये और ग्रूग्राम से पंचकूला तक भूमि घोटालों का भी आरोप लगाया और कहा कि पूर्व में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बेचने का काम किया और अब उनके लोगों द्वारा ही टिकट बेचने के आरोप लग रहे है रैली को केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी सम्बोधित किया और लोगों को कालका की पानी की समस्या का जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया

योगी आदित्य नाथ ने जिला अम्बाला के नारायणगढ़ में की भाजपा प्रत्याशी सुरेन्द्र राणा के पक्ष मे चुनाव प्रचार किया मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है आज करनाल में प्रचार के दौरान उन्होंने पांच जनसभाओं को सम्बोधित किया मंच से अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस इनेलो व करनाल से जेजेपी के उम्मीदवार पूर्व सैनिक तेज बहादुर की आलोचना की उन्होंने कहा की भाजपा की लहर के सामने सभी पार्टियों ने हथियार डाल दिए है मुख्यमंत्री ने कहा कि इनेलो ने तो उनके सामने अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है